कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें ह्युमन ट्रैफिकिंग म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए प्ख्ता कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं हाल ही में चमोली की एक घटना को गम्भीरता से लेते हए म्ख्यमंत्री ने बीजाप्र हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि साइबर अपराध बच्चों और महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध के मामले सीधे रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएं साथ ही नाबालिगों और महिलाओं के साथ हए अपराधों पर की जाने वाली कार्रवाई पर मॉनिटरिंग के लिए फूल टाइम अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए और फास्ट ट्रैक मोड में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए कोरोना मामले प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं

जबकि अन्य छात्रावासों के बच्चों को आईसोलेशन में रखा गया है संक्रमितों का उपचार किया जा रहा है

वन अन्संधान संस्थान की क्लसचिव नीलिमा शाह ने बताया कि ट्रेनी अधिकारियों के संक्रमित होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से संस्थान परिसर में आज से मॉर्निंग वॉक और पर्यटकों के प्रवेश को वर्जित किया गया है कोरोना संक्रमित अधिकारियों को आईसोलेट किया गया है संक्रमण ना फैले इसके लिए जरुरी उपाय करते हए पूरे परिसर को सैनेटाईज किया जा रहा है

राजभवन में भारतीय रेडक्रॉस समिति की राज्य शाखा की बैठक की अध्यक्षता करते हए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में रेडक्रॉस की कार्यप्रणाली को और अधिक सुधारने की जरूरत है उन्होंने रेडक्रॉस सदस्यता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस की मुख्य शक्ति उसके स्वयंसेवक हैं इसलिये इससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाय राज्यपाल ने राज्य शाखा और जिला समितियों को और अधिक समर्पित होकर कार्य करने के निर्देश दिये

उधर नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर देहरादून और हरिद्वार जिले के मुख्यालयों सहित बाह्य न्यायालयों में दो सप्ताह के लिए नियमित कामकाज को रोक दिया गया है

इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किये गए हैं

इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बताया कि सिंगल लेन सड़क होने के कारण नंदप्रयाग घाट क्षेत्र के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है संकरे मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है निशुल्क बस यात्रा हरिदवार कृंभ के मुख्य पर्व दिवसों पर महिलाओं को उतराखंड परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी म्ख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुविधा दी जा रही है इसके साथ ही पूर्णागिरी में आने वाली महिलाओं को भी बसों में आवाजाही की निश्ल्क सेवा उपलब्ध रहेगी एंबुलेंस सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल उतराखण्ड सहित अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एम्ब्लेंसों को हरी झण्डी देकर रवाना किया गया

इससे सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को भी कम किया जा सकेगा प्रकाश पर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश गुरू तेग बहादुर जी के चार सौ वें प्रकाश पर्व पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देगा नौंवे ग्रू तेग बहादुर की चार सौंवी जयन्ती मनाने के लिए गठित समिति की उच्चस्तरीय बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यवा पीढ़ी को ग्रू तेग बहाद्र के जीवन से सीख लेने की जरूरत है इस दौरान वर्ष भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की योजना पर भी चर्चा की गई

प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वर्चअल माध्यम से प्रतिभाग किया प्रतिस महानिदेशक प्लिस महानिदेशक अशोक क्मार ने आगामी शाही स्नान पर्व से पहले कंभ इयूटी कर रहे प्लिस अधिकारियों और प्रशासन की बैठक ली इस दौरान विभिन्न राज्यों से आये प्लिसकर्मियों को हरिद्वार कंभ में उनके दायित्वों की जानकारी दी गई इस अवसर पर प्लिस महानिदेशक ने कहा कि शाही स्नान के दौरान हरिदवार आने वाले श्रद्धालूओं और संतगणों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए

आईजी कृंभ संजय ग्ंज्याल ने बताया कि हरिदवार कृम्भ को देखते हए कल से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है यातायात व्यवस्था बनाने के लिए हरिदवार में कई जगह रुट डायर्वट किये गये हैं

इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को भी प्रशिक्षण दिया गया है अगर पोलिंग के दिन कोई बीमार या आने में असमर्थ हो तो उसके लिए भी अतिरिक्त टीम को प्रशिक्षण दिया गया है सल्ट उपचुनाव पूरी तरह से कोविड की गाइडलाइन के अनुसार कराया जाएगा हर मतदाता को मास्क और ग्लव्य दिये जाएंगे इस बार हर मतदान केंद्र को वेबकास्ट से जोड़ा गया है

हाईकोर्ट एमडीडीए उत्तराखंड हाइकोर्ट ने नदी नालों खालों को बंजर जमीन में परिवर्तित कर प्लाटिंग करने के मामले में सुनवाई करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और देहरादून के जिलाधिकारी को नदी और नालों की भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने को कहा है कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है वहां ख्द जाकर मौका मुयाना करें और प्लॉटिंग पर रोक लगाए मॉक डिल चमोली जिले की घाट तहसील में वनाम्नि की रोकथाम के लिए मॉक अभ्यास किया गया वनाग्नि से निपटने के लिए की गई तैयारियों को परखने के लिए संगोला के पास जंगल में आग लगने की सूचना प्रसारित की गई तहसील स्तरीय इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर नायब तहसीलदार ने आईआरएस से ज्डे सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों को आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होने के निर्देश दिए

घटनास्थल पर पहंचते ही टीम आग ब्झाने में ज्टी और सफल रहे गेहं खरीद केंद्र ऊधमसिंहनगर जिले में गेहं की खरीद के लिए पांच केन्द्रों को और बढ़ाया गया है

इसके साथ ही किसानों की सुविधा को देखते हए खसरे की आवश्यकता को समाप्त किया गया है अब सारे खरीद से संबंधित दस्तावेज ई पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है नोडल अधिकारी गेहं खरीद जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि जिले में इस बार गेहं की अच्छी पैदावार की सूचना है इसे देखते हए गेहं खरीद केन्द्रों को बढ़ाया गया है उन्होंने कहा कि सरकारी भंडारण के साथ ही साढ़े चार लाख कृंतल भंडारण क्षमता के प्राइवेट भंडारण गृह भी चिन्हित किये गये है